इस दौरान कहीं कहीं बिजली गिरने की भी आशंका है पश्चिम बंगाल और यूपी से आने वाले बादलों की वजह से बिहार के उत्तर और पूर्वी इलाकों में आंधी तूफान के अधिक आसार है इन इलाकों में गरज के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गयी है इस दौरान पचास से साठ किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से आंधी भी चल सकती है इस बीच प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप बना हुआ है पटना समेत राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में दो डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गयी है तापमान में और बढ़ोतरी की आशंका है

कृषि विभाग के आकलन के अनुसार प्रकृति की मार से सबसे अधिक प्रभावित जिलों में भोजपुर जहानबाद नवादा पश्चिम चंपारण सीतामढ़ी और किशनगंज हैं सबसे अधिक सीतामढ़ी में लगभग तीन हजार हेक्टेयर और भोजपुर में करीब तीन सौ इक्यासी हेक्टेयर में लगी फसल का नुकसान हुआ है सबसे अधिक नुकसान मक्के और गेहूं की फसल को हुआ है कृषि विभाग फसल क्षति से संबंधित यह रिपोर्ट जल्द ही आपदा प्रबंधन विभाग को भेजेगा उसके बाद किसानों को मुआवजा देने का काम शुरू होगा

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह सात बजे से मतदान शुरू हुआ जो शाम पांच बजे तक चलेगा मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये गये हैं जहां चुनाव हो रहे हैं उनमें रोहतास जिले का विक्रमगंज वैशाली का महनार पूर्वी चंपारण का ढाका औरंगाबाद का दाउदनगर और बांका नगर परिषद शामिल हैं इस चुनाव में एक लाख बासठ हजार सात सौ अठहत्तर मतदाता एक सौ बत्तीस वार्डो के लिए अपना प्रतिनिधि चुनेंगे मतदान के लिए कुल एक सौ छियासी ब्रथ बनाये गये हैं इसके अलावा सीतामढ़ी के सुरसंड नगर परिषद के लिए तेरह मई को मतदान होगा जबकि पटना अरवल सारण पूर्वी चंपारण सीतामढ़ी भागलपुर अररिया और मुंगेर जिले के अलग अलग नगर निकायों के रिक्त पड़े पदों के लिये चौबीस जून को मतदान कराया जायेगा हमारे बांका संवाददाता खबर दिया है कि जिले में नगर परिषद के वार्ड सदस्य पद के लिए सुबह सात बजे से मतदान शांतिपूर्वक जारी है सुरक्षा को देखते हुए शहर की सभी सीमा को सील कर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गयी है

परीक्षा का परिणाम इक्कीस जुलाई को घोषित होगा परीक्षा के लिए ऑनलाईन आवेदन फार्म इक्कीस मई से ग्यारह जून तक भरा जायेगा नालंदा खुला विश्वविद्यालय के नोडल पदाधिकारी डाक्टर एसपीसिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि एक अगस्त से बीएड कॉलेजों में सत्र की शुरूआत हो जायेगी

इस बैठक में कर्मियों को उच्चस्तरीय सेवा के साथ अन्य सुविधा दिये जाने को लेकर समीक्षा की जायेगी श्री गंगवार बिहटा और फुलवारीशरीफ स्थित ईएसआईसी अस्पतालों का निरीक्षण भी करेंगे

श्री मोदी ने पटना में विभिन्न विभागों के साथ समीक्षा बैठक के बाद कहा कि पटना को प्रद्षण से मुक्त कराने के लिए वाहनों को सीएनजी से चलाने की भी व्यवस्था की जा रही है पहले चरण में सीएनजी बसों का परिचालन होगा

लोकल ट्रेन में महिला यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए यह भर्ती की जा रही है जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी की जायेगी

न्यायमूर्ति डाक्टर अनिल कुमार उपाध्याय के एकलपीठ ने इस मामले में दाखिल प्रमोद कुमार मिश्रा समेत सौ याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया

उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल उद्योग भी आने वाले दिनों में इसी पद्वति पर काम करेंगे पटना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि वर्ष दो हजार बाईस तक किसानों की आय दुगुनी करने के क्रम में सरकार गोपालन को भी बढ़ा रही है अब गाय के दूध के साथ गोबर और गौमूत्र से भी किसानों की आमदनी बढ़ेगी

प्राथमिक शिक्षा निदेशक अरविंद कुमार वर्मा ने तबादले का शिड्यूल जारी करते हुए यह घोषणा की अंतर जिला तबादले के इच्छुक प्रारंभिक कक्षाओं के वेतनमान वाले शिक्षकों को पन्द्रह मई के पहले जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्याालय में आवेदन करना होगा

ये जानकारी देते हुए कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि इस राशि से इस वर्ष किसानों को इकहत्तर प्रकार के कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए अनुदान दिया जायेगा

इन सभी बिल्डरों पर आरोप है कि उन्होंने रेरा में रजिस्ट्रेशन कराये बिना परियोजनाओं का निर्माण प्रचार और बुकिंग शुरू कर दी है गौरतलब है कि पांच सौ मीटर क्षेत्र में निर्माण कार्य कराने या आठ फ्लैट बनाने से पहले रेरा में निबंधन अनिवार्य है

क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में प्रदेश की चार टीमें हिस्सा ले रही हैं मध्य प्रदेश के इंदौर में नौ से तेरह मई तक आयोजित होने वाली ग्यारहवीं सीनियर राष्ट्रीय सॉफ्टबॉल क्रिकेट के लिए राज्य की पुरूष और महिला टीम की घोषणा कर दी गयी है रंजन राय को पुरूष टीम जबकि प्रीति गौतमी को महिला टीम का कप्तान बनाया गया है पटना के मोइनुलहक स्टेडियम में आगामी क्रिकेट सत्र की तैयारी के लिए बीसीए द्वारा दूसरे बैच के खिलाड़ियों का फिटनेस कैंप आयोजित किया गया है

सड़क की चौड़ाई अस्सी मीटर होगी निर्माण का पहला चरण पूरा हो चुका है दूसरे चरण में दस किलोमीटर लंबाई में सड़क का सीमांकन कर लिया गया है लगभग चौबालीस किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण बिहटा मनेर से हरदासपुर बिगहा तक होना है

हिन्दुस्तान ने देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा पर महाभियोग के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई को सुर्खी बनाते हुए लिखा है महाभियोग मामला संविधान पीठ सुनेगी दैनिक जागरण का शीर्षक है राजधानी के सभी पेट्रोल पम्पों पर होगी वाहन प्रदूषण की जांच दैनिक भास्कर ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी बंगला देने के कानून को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किये जाने की खबर को सुर्खी बनाते हुए शीर्षक लगाया है पद छोड़ने के बाद सीएम व जनता में कोई फर्क नहीं ऐसे में उन्हें बंगले की सुविधा क्यों दी जाए प्रभात खबर की सुर्खी है मुख्यमंत्री समेत दस विधान पार्षदों ने ली शपथ अखबार आज ने लिखा है शिक्षकों का होगा अंतर जिला तबादला